इस अवसर पर लोगों को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ये सभी परियोजनाएं एक साल के भीतर पूरी कर ली जाएंगी

जयराम ठाक्र ने कहा कि राज्य सरकार पावंटा साहिब क्षेत्र के विकास पर विशेष बल दे रही है उन्होंने लोगों से कोरोना संकमण को रोकने के लिए सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने का आहवान भी किया ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने क्षेत्र में विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार के तीन वर्ष के कार्यकाल के दौरान राज्य के हर वर्ग और क्षेत्र का समान विकास हुआ है जल शक्ति मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर और उद्योग मंत्री विक्रम सिंह भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान मौजूद रहे झंडा दिवस आज सशस्त्र सेना झण्डा दिवस है

इस वर्ष पूरे दिसंबर माह को गौरव माह के रूप में मनाया जा रहा है यह देश को सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में उदारता से योगदान करने का अवसर प्रदान करता है राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने सेना के जवानों के बलिदान को याद करते हुए सेवारत व भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण ै के लिए प्रदेशवासियों से उदारतापूर्वक अंशदान देने की अपील की है इस बीच सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर लैफिटनेंट कर्नल पीएसअत्री उपनिदेशक सैनिक कल्याण विभाग ने आज शिमला में मुख्यमंत्री को झंडा लगाया वीरेन्द्र कंवर पंचायतीराज व कृषि मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा है कि कृषि कानूनों का विरोध किसान नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी कर रही है ऊना में आज एक पत्रकार वार्ता में कहा कि कृषि काननों को लेकर कांग्रेस देश में भ्रम फैलाने का प्रयास कर रही है जबकि ये कानून पूरी तरह किसान के हित में हैं वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पहले की तरह जारी रहेगा व कृषि उत्पादों पर टैक्स शुन्य होने से किसानों को और अधिक लाम मिलेगा उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसान संगठनों के साथ वार्तो कर रही है ऐसे में भारत बंद का कोई औचित्य नहीं है कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि कानून किसानों के जीवन में कांतिकारी बदलाव लाएंगे सुरेश कश्यप इस बीच प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी पार्टियों पर कृषि बिल को लेकर किसानों को गमराह करने का आरोप लगाया है

कश्यप ने कहा कि विपक्षी दल कृषि बिल को लेकर किसानों को भ्रमित कर रहे हैं जबकि ये बिल पूरी तरह किसानों के हित में हैं राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने प्रदेश सरकार पर कोरोना को लेकर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है शिमला में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार को प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए सुझावों का पालन करना चाहिए राठौर ने कहा कि अस्पतालों की स्थिति दयनीय है और कोविड मरीजों को रखने के लिए अस्पतालों में पर्याप्त जगह नहीं है उन्होंने सरकार पर कोरोना नियमों की अवहेलना करने का आरोप भी लगाया है राठौर ने ये भी कहा कि बसों में न तो सोशल डिस्टेंसिंग और न ही सेनेटाइजेशन की जा रही है इस बीच सिरमौर जिला कांग्रेस कमेटी की वर्च्यअल बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से आगामी नगर निकाय व जिला परिषद चुनावों में पार्टी की विचारधारा से जुडे उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने का आहवान किया मौसम पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से प्रदेश में कल से मौसम के करवट बदलने की संभावना है

इस बीच प्रदेश के अधिकांश भागों में आज मौसम आम तौर पर साफ बना रहा हालांकि सुबह व शाम के समय लोगों को ठंड का सामना करना पड़ रहा है